श्रो मोदी ने कहा कि सरकार विभिन्न सुधारों के माध्यमों से समुद्री ढांचागत सुविधाएं तैयार करने पर जोर दे रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रमुख बंदरगाहों पर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर ध्यान दे रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर ध्यान केन्द्रित कर रही है और इसके साथ ही समुद्री अथव्यवस्था में सुधार को बढावा दे रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि इन उपायों से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए समुद्री क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि तटीय आर्थिक क्षेत्र के साथ बंदरगाहों क एकीकरण बंदरगाह आधारित स्मार्ट शहर का निर्माण और बंदरगाहों के निकट वैश्विक विनिर्माण गतिविधयां शुरू करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है उन्होंने कहा कि सरकार ने निवेश करने योग्य चार सौ से अधिक परियोजनाओं की सूची तैयार की है

उन्होंने कहा कि द्वीपीय बुनियादी ढांचा और पारिस्थिकी तंत्र के विकास की शरुआत हो गई है केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है उन्होंने लोगों से अपील की कि जो लोग वैक्सीन लेने के योग्य है कोरोना की वैक्सीन लगवायें श्री नकवी आज रामपर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकास और सुशासन का प्रमाणित ब्रांड बन गये हैं उन्होंने बिना किसी भेद भाव के समावेशी विकास और सशक्तिकरण के संकल्प के द्वारा जरूरतमंदों तक विकास की रौशनी पहुंचाने का सफल प्रयास किया है उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर सिर्फ बयानबाजी के सहारे सियासत की सीढ़ियां चढ़ने के दिन लद गये हैं जनता विकास में विश्वास रखती है विधानसभा में आज राजनैतिक मुकदमों को सरकार द्वारा वापस लेने का मुद्दा छाया रहा सत्ता पक्ष ने सदन को अवगत कराया कि सरकार ने दलगत भावना से अलग हटकर राजनैतिक मुकदमों को वापस लिया है जबकि पिछली सरकार में आतंकवाद से जुड़े लोगों के मुकदमे वापस लिये गये थे सरकार के जवाब से संतुष्ट न होने पर विपक्ष ने कई बार सदन में हंगामा किया और सरकार पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चन्द्र द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश में नगर क्षेत्र में सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक के पद रिक्त है

उधर विधान परिषद में कृषि कानूनों को वापस लेने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और बेरोजगारी सहित शिक्षामित्रों का मामला गूंजा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि सरकार किसानों की हितैषी है और उनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जायेगा

उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि मंडी व्यवस्था निरन्तर जारी रहेगी न तो किसी भी कृषि मंडी को बंद किया गया है और न बंद किया जायेगा श्री शाही आज विधान परिषद में बोल रहे थे प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने स आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही है

अपर मख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने आज लखनऊ में बताया कि प्रदेश में सरकार द्वारा निवेश उन्मुख नीति लाने के बाद अब उत्तर प्रदेश दश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है

उन्होंने बताया कि राज्य में मिशन रोजगार चलाया जा रहा है जिसके अनतर्गत यूवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम चलाई जा रही है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

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ऋण लेने वाली महिलाओं को पांच आधार अंकों की विशेष छूट दी जा रही है कानपुर देहात जनपद में भोगनीपुर थाना अन्तर्गत बीती रात मऊ मुगल गांव के पास एक ट्रक पलट जाने से छह लोगों की मौत हो गई वहीं बाईस अन्य घायल हो गये पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि यह सभी हमीरपुर जनपद के रहने वाले थे और मजदूरी के लिये इटावा जा रहे थे मृतकों में दो महिला एक पुरूष और तीन बच्चे शामिल है घायलों को पुखराया सीएचसी में भर्ती कराया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है वहीं घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिये मिर्जापुर स्थित माँ विन्ध्यवासिनी अष्टभुजा और काली माँ के परिक्रमा मार्ग को चौड़ा बनाया जायेगा जिससे श्रद्वालुओं को आने जाने में परेशानी न हो जिला प्रशासन ने विन्ध्य कॉरोडोर के अन्तर्गत परिक्रमा मार्ग को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया है नगर मजिस्ट्रेट विनय क्मार सिंह ने बताया कि बजट आते ही अष्टभुजा और काली खोह मंदिरों का विस्तारीकरण तथा अन्य कार्य शुरू कर दिया जायेगा नवरात्रि के दिनों में यहां विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में श्रद्वालु विन्ध्वासिनी का दर्शन पूजन करने आते हैं

यह कार्यक्रम आज रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

राज्यसभा और लाकसभा टीवी का विलय करके संसद टीवी बना दिया गया है भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवा निवृत अधिकारी रवि कपूर को संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है संसद टीवी लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण दो अलग अलग चनलों पर प्रसारित करेगा